नामांकन प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आज से नामांकन दाखिल करने का सिलसिला तेज हो जायेगा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज ब्धनी में अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे भाजपा की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि वे सुबह भोपाल से रवाना होकर अपने गॉव जैत पहचकर मॉ नर्मदा का पुजा अर्चना करने के बाद सलकनपुर पहंचकर देवी मॉ के दर्शन करेंगे इसके बाद बुधनी में दोपहर दो बजे अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद राकेश सिंह मौजूद रहेंगे इसी प्रकार पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा आज अलीराजपुर और जोबट पहंचकर पार्टी प्रत्याशियों के नामांकन पत्र दाखिल कराएंगे वहीं केन्द्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान आज दतिया पहुंचकर डॉ नरोत्तम मिश्रा का नामांकन पत्र दाखिल करायेंगे खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज भाजपा के उम्मीद्वार कुंवर विजय शाह अपने समर्थकों के साथ हरसूद के निर्वाचन कार्यालय पहॅचकर अपना नामांकन प्रस्तुत करेंगे आज ही भाजपा प्रत्याशी देवेन्द्र वर्मा खंडवा से और बंधाना से राम दांगोरे अपना नामांकन दाखिल करेंगे उधर शिवपुरी में मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया शिवपुरी विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे वहीं रतलाम में भाजपा उम्मीदवार चेतन्य काश्यप आज अपना पर्चा भरेंगे कांग्रेस सूची कांग्रेस ने मध्यप्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है

इनमें पांच वर्तमान विधायकों और कुछ नये चेहरों के नाम शामिल है पार्टी ने भोपाल जिले की नरेला सीट से महेन्द्र सिंह चौहान को अपना उम्मीदवार बनाया है वहीं श्योपुर जिले की विजयपुर सीट से रामनिवास रावत शिवपुरी जिले की कोलारस महेन्द्र सिंह यादव छतरपुर जिले के राजनगर से विकम सिंह नातीराजा अशोकनगर जिले की दो सीटों चंदेरी से गोपाल सिंह चौहान और मंगावली से बुजेन्द्र सिंह यादव को प्रत्याशी बनाया गया है पार्टी से सूची में नये चेहरे के रूप में शिवपुरी जिले की शिवपुरी विधानसभा सीट सिद्वार्थ लाडा को टिकट दिया है पार्टी ने राजेन्द्र सिंह को दतिया विधानसभा सीट से दोबारा प्रत्याशी बनाया है पिछले चुनाव में राजेन्द्र सिंह जनंसपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा से चुनाव हार गये थे इनके अलावा कांग्रेस ने अपनी सूची में संबलगढ़ से बैजनाथ कुशवाहा गुना से चन्द्रप्रकाश अहिरवारसीधी से कमलेश्वर प्रसाद द्विवेदी देवसर से रामभजन साकेत आमला से मनोज मालवीय ब्यावरा से गोर्वधन डांगी अलीराजपुर से मुकेश पटेल और पेटलावद बेलसिंह मेदा को अपना उम्मीदवार बनाया है

पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामअचल राजघर और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अंहिरवार द्वारा जारी विज्ञप्ति में इन नामों की घोषणा की गई है

बीएसपी ने अपने दूसरी सूची में दतिया से हेमराज क्शवाहा सागर से संतोष प्रजापित टीकमगढ़ से विनोद राय छतरपुर से मोहम्मद समीर विजय राघवगढ़ रामसरोवर कृशवाहा होशंगाबाद से विनोद लोंगरे को अपना उम्मीदवार बनाया है

भोपाल में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में पार्टी के प्रदेश सचिव अरविन्द श्रीवास्तव ने बताया कि भोपाल मध्य से फिदा हसैन को प्रत्याशी बनाया गया है

वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज की अनुमति केवल उन मतदाताओं के लिए होगी जिनका मतदाता सुची में नाम है और उनके पास मतदाता परिचय पत्र उपलब्ध नहीं है या जिनकी फोटो का मिलान नहीं हो पा रहा है ऐसे मतदाताओं को अपनी पहचान बताने के लिए आयोग द्वारा स्वीकृत दर्जन भर दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज मसलन पासपोर्ट ड्रायविंग लाईसेंस पेनकार्ड बैंक मनरेगा जॉबकार्ड स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड या फोटो सहित पेंशन दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा निर्वाचन आयोग ने यह निर्देश भी दिये हैं कि ऐसे सभी मतदाता जिनका नाम मतदाता सूची में संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में है वह उस मतदान केन्द्र में मत देने के लिये अधिकृत हों यदि फोटो बेमेल होने के कारण पहचान सुनिश्चित करना संभव नहीं है तो उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर मतदान कराया जाएगा छत्तीसगढ नाम वापस छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए नाम वापस लेने का आज आखिरी दिन है

नामांकन शक्रवार तक भरे गए और जांच शनिवार को हई पहले चरण के चनाव के लिए प्रचार में तेजी आ गई है

विभिन्न दलों के वरिष्ठ नेता अपने उम्मीदवारों के पक्ष में रैलियों को संबोधित कर रहे हैं दीपावली दीपावली पर्व की शुरुआत आज धनतेरस से हो रही है आज के दिन बर्तन सोने चांदी के आभूषण खरीदना शुभ माना जाता है राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में बाजार सजे हुए है इलेक्ट्रानिक कपड़ा बर्तन और आभूषणों की द्कानों पर खरीददारी करने वालो की भीड़ होने की उम्मीद की जा रही है शिवपूरी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि धनतेरस के अवसर पर शहर के द्वकानदारों ने पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी थी इस मौके पर उन्होंने अपने प्रतिष्ठान विशेष रूप से सजाये हैं आज बर्तन सराफा और इलेक्ट्रानिक सामान की अच्छी बिकी होने की उम्मीद की जा रही है

खंडवा में हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिला प्रशासन भी इन निर्देशो का पालन करने के लिए लोगों को जागरूक रहा है

मध्यप्रदेश राज्य एथलेटिक्स अकादमी द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि दो से पांच नवंबर तक खेली जा रही है इस प्रतियोगिता में अकादमी के खिलाडियों ने अलग अलग स्पर्धाओं में चार स्वर्ण दो रजत और दो कांस्य पदक सहित कल आठ पदक जीते हैं

वहीं राजू सिंह भदोरिया ने भी प्रतियोगिता की व्यक्तिगत स्पर्धो में कांस्य पदक अर्जित किया